इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या सवा लाख से ज्यादा हो गई है

पन्ना जिले में कल सात नए कोरोन संक्रमित मरीज पाए गए हैं

जन आंदोलन अपील कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज मुस्कान किरार ने लोगों से कोरोना से बचाव के उपाय करने की अपील की है

भाजपा आज मंडल सम्मेलनों का आयोजन कर रही है इन्हें केन्द्रीय मंत्री थावर चंद गेहलोत फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित वरिष्ठ नेता संबोधित कर रहे हैं मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि केन्द्रीय मंत्री थावर चंद गेहलोत सुवासरा से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंक के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जन सभाओं को संबोधित कर रहे हैं

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है इस अवसर पर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने अवसादमुक्त करने और तनाव दूर करने के संबंध में वर्चुअल माध्यम से संगोष्ठी और परिचर्चा जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं होशंगाबाद जिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में मानसिक रोगों की पहचान और उनसे बचाव के बारे में जागरूक किया गया उज्जैन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों इस मामले में निःसंकोच नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में सलाह ले सकते हैं

इस अवसर पर एक ट्वीट संदेश में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने प्रवासी पक्षियों के आने जाने के मध्य एशियाई उड़ान मार्गों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है उन्होंने कहा कि प्रवासी पक्षियों के संरक्षण का अर्थ है इन पक्षियों के ठहरने के जमीनी ठिकानों आर्द्र भूमि और समूचे पारिस्थितिकीय तंत्र संरक्षण करना जो इस तरह की भूमि के आस पास रहने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है